नई दिल्ली में जी ट्वन्टी के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि इन देशों को परिवर्तन के लिए आगे आना चाहिए और नवाचार तथा विकास के बीच संतुलन बनाना चाहिए श्री अमिताम कांत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के नये अवसरों का सूजन करना होगा आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनिया गुतरश ने अपने संदेश में कहा है कि समी को बालिकाओं के कौशल निर्माण और उन्हें लड़कों के समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि जय प्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में राष्ट्र को प्रेरित किया श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा याद किया जाएगा प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें याद करते हए श्रद्वाजंति दी श्री नाईक ने लोकनायक की जयंती के अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा कि सम्पूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक के विचारो से आज भी ऊर्जा प्राप्त होती है बलिया जिले के जय प्रकाश नगर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर के लोकनायक की जयंती मनाई जा रही है प्रदेश में कई स्थानों पर लोकनायक की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर के उन्हें श्रद्वाजंति दी गयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्वाजंति अर्पित की है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नानाजी देशमुख ने देश के गांवों के उत्यान और किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए प्रधानमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख की संचालन क्षमता सराहनीय रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि दशहरा दुर्गापूजा और मूर्ति विसर्जन जैसे आयोजनों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों से सुरक्षा प्रबंघों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्वाल्ओं के आवागमन को देखते हुए शक्तिपीठों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है श्री योगी ने इन त्यौहारों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और ज्लूसों की वीडियोग्राफ़ी कराने का निर्देश भी दिया है कल से शारदीय नवरात्र श्रू हो गया है कल नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्वाल्ओं ने प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवी मंदिरों में मॉ भगवती के दर्शन पूजन किए समी देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही लोगों ने कल अपने घरो में भी कलश स्थापना कर के मॉ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचलधाम में कलश स्थापना के साथ ही कल से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया कल देर शाम तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने वहां माता विन्ध्यावासिनी देवी के दर्शन पूजन कर लिए थे मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं उधर बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालुओं ने दर्शन पूजन श्रू कर दिया सीतापुर जिले के नैमियषारण स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकुम्मरी देवी मंदिर पर भी कल पूरे दिन दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी सभी शक्तिपीठो और देवी मंदिरों पर श्रद्वालु पंक्तिबद्द होकर माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं आज मॉ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रम्हचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दोपहर बाद अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया तेज हवाओं के साथ मूसलाघार वर्षा हुई कहीं कहीं से ओले पड़ने की भी खबर मिल रही है कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तेज बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान होने की सम्मावना है मौसम विभाग ने आज रात से कल तक लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से सामान्य वर्षा होने का अनुमान जताया है